कल होगी वतन वापसी

पाकिस्तान ने अपने कब्जे में रखे गये भारतीय वायुसेना के पायलट विंग कमांडर अभिनंदन को कल रिहा करने की घोषणा की है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने आज इसकी संसद में घोषणा की पाकिस्तानी संसद को संबोधित करते हुए श्री खान ने कहा कि शांति के प्रतीक के तौर पर उनका देश यह कदम उठा रहा है उन्होंने कहा कि पाकिस्तान क्षेत्र में तनावपूर्ण स्थिति नहीं चाहता है और वार्ता के माध्यम से मौजूदा स्थिति में सुधार का पक्षधर है

विदेश मंत्रालय ने बयान में कहा था कि सैन्य कार्रवाई के दौरान वायुसेना के पायलट का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था इसी दौरान वे पाकिस्तान के सुरक्षा बलों के चंगुल में फंस गये थे जहां से उन्हें कैद में कर लिया गया था प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि देश को अस्थिर करने की दुश्मन की कार्रवाई पर राष्ट्र एकजुट है वह आतंकी हमले कर भारत की प्रगति को रोकना चाहता है

जब आतंकी हमला करता है तो उनका एक मकसद यह भी होता है कि हमारी प्रगति रूक जाए हमारी गति रूक जाए हमारा देश थम जाए उनके इस मकसद के सामने हर भारतीय को चट्टान बन करके खडा होना है उन्हें दिखाना है कि न यह देश रूकेगा न देश की प्रगति थमेगी प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत एकज़ूट होकर काम करेगा आगे बढ़ेगा और एकजुट होकर लड़ेगा और जीतेगा देशभर के भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ वीडियो कॉफ्रेंस के जरिए संवाद करते हुए उन्होंने कहा कि देश को अपने सुरक्षाबलों पर भरोसा है श्री मोदी ने कहा कि देश अपनी रक्षा करने वाले सैनिकों का आभारी हैं जिनकी वजह से भारत विकास के नए स्तर पर पहुंच सकता है प्रधानमंत्री ने कहा कि समूचा देश सेना के साथ है और दुनिया भारत की दृढ़ इच्छाशक्ति को देख रही है

पुरा देश आज एक है और हमारे जवानों के साथ खड़ा है

इसलिए बहुत आवश्यक है कि कछ मी ऐसा न हो जिससे उनके मनोबल पर आंच आए

श्री मोदी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को आगाह करते हुए कहा कि आम चूनाव में एक छोटी सी गलती भी देश को फिर से भ्रष्टाचार और घोटालों के यूग में ले जाएगी प्रधानमंत्री ने देश के आर्थिक विकास की चर्चा करते हुए कहा कि एनडीए सरकार भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना चाहती है प्रधानमंत्री ने पटना में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ ही देश भर के पंद्रह जगहों से कार्यकर्ताओं और स्वयंसेवियों के साथ वीडियो कांफ्रेंस के जरिये संवाद किया इस अवसर पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय मंत्री प्रेम कुमार सहित कई विधायक और पार्टी कार्यकर्ता उपस्थित थे इस कार्यक्रम का आयोजन मेरा ब्रथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के तहत किया गया पार्टी का कहना है कि यह दुनिया की सबसे बड़ी वीडियो कॉन्फ्रेंस है इसका उद्देश्य लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा कार्यकर्ताओं को तैयार करना है राज्यपाल लालजी टंडन ने कहा है कि आज का भारत युवा और ऊर्जावान भारत है और ये किसी आतंक के सामने झुकेगा नहीं उन्होंने कहा कि सीमा पर भारत के जवानों का शौर्य अविस्मरणीय है श्री टंडन ने गोपालगंज के हथुआ में गोपेश्वर कॉलेज के संस्थापक स्वर्गीय गोपेश्वर प्रताप शाही की प्रतिमा का अनावरण करने के बाद समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि कुछ शिक्षण संस्थाएं छात्र छात्राओं का दोहन कर रही हैं ऐसी संस्थाओं के कारण शिक्षा का मूल लक्ष्य प्राप्त करने में कठिनाई होती है आयकर विभाग ने स्पष्ट किया है रिफंड इलेक्ट्रोनिक तरीके से करदाता के बैंक खाते में ही डाला जायेगा खाते का पैन नम्बर से जुड़ा होना अनिवार्य है विभाग ने विज्ञप्ति जारी कर बताया है कि जिन करदाताओं के बैंक खाते पैन से नहीं जोड़े गये हैं उन्हें अपनी बैंक शाखा में पैन नम्बर देकर आयकर विभाग की ई फाइलिंग वेबसाइट पर पुष्टि करनी होगी अभी तक विभाग करदाताओं का रिफंड सीधे उनके बैंक खातों में या चैक से करता था केन्द्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज कहा कि केन्द्र में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार बिहार सहित पूर्वी भारत में ब्रनियादी ढांचा का जाल बिछाने के लिये काम कर रही है श्री गडकरी ने कहा कि इससे क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा वे छपरा में आयोजित एक समारोह को संबोधित कर रहे थे उन्होंने छपरा और मधेपुरा में आयोजित कार्यक्रमों में राज्य के लिये लगभग सात हजार करोड़ रूपये की विभिन्न सड़क परियोजनाओं और नमामि गंगे अभियान के तहत दो हजार आठ सौ सताईस करोड़ रूपये की योजनाओं का उद्घाटन तथा शिलान्यास किया श्री गडकरी ने छपरा के राजेन्द्र स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में नमामि गंगे के तहत दो हजार आठ सौ सात करोड़ रूपये की लागत से सीवरेज परियोजनाओं का शिलान्यास के साथ ही लगभग बीस करोड़ रूपये की लागत से निर्मित सोनप्र में छह घाटों के सौंदर्यीकरण का लोकार्पण किया इस मौके पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए श्री गडकरी ने कहा कि इन परियोजनाओं के पूरा हो जाने के बाद प्रतिदिन राज्य के तेरह शहरों से निकलने वाले बत्तीस करोड़ लीटर अशुद्ध जल के गंगा नदी में गिरने पर रोक लगेगी श्री गडकरी ने सात सौ तैंतालीस करोड़ रूपये की लागत से बने एक सौ चौवन किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या अंठानवे के अनिसाबाद औरंगाबाद हरिहरगंज खंड एक और दो का भी लोकार्पण किया उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एक सौ दो पर तीन सौ अंठानवे करोड़ रूपये की लागत से नवनिर्मित छपरा रेवाघाट मुजफ्फरपुर सेक्शन के तिहत्तर किलोमीटर लंबे मार्ग का उद्घाटन किया श्री गडकरी ने राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या पांच सौ सताईस ए पर मधुबनी के भेजा से बकौर के बीच नौ सौ चौरासी करोड़ रूपये की लागत से बनने वाले कोसी नदी पूल के तेरह किलोमीटर लंबे पहुंच पथ के निर्माण कार्य की शुरूआत की उन्होंने मधेपुरा किशनगंज मुंगेर पूर्णिया सीतामढ़ी और खगड़िया जिले और आसपास के क्षेत्रों की कई महत्वपूर्ण सड़कों पूल और पहुंच पथ का शिलान्यास किया समस्तीपूर जिले के कल्याणपूर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक स्वास्थ्य उप केन्द्र से पुलिस ने लगभग बीस लाख रूपये मुल्य की विदेशी शराब जब्त की है पुलिस मामले की जांच कर रही है वहीं जमूई में नगर थाना क्षेत्र जमूई मलयपूर मार्ग पर पूलिस ने एक तस्कर को गिरफ्तार कर चारपहिया वाहन से भारी मात्रा में शराब जब्त की है उधर बेगूसराय जिले के बलिया थाना क्षेत्र अंतर्गत राष्ट्रीय पथ संख्या इकतीस पर पुलिस ने छापेमारी कर एक बस से भारी मात्रा में देशी शराब के साथ तीन लोगों को गिरफ्तार किया है वहीं जिले के मंझौल थाना क्षेत्र के मंझौल रेलवे स्टेशन के पास पुलिस ने तीन अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया सूचना प्रसारण मंत्रालय की मीडिया इकाई पत्र सूचना कार्यालय की ओर से आज पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी में वार्तालाप कार्यक्रम का आयोजन किया गया इस कार्यक्रम में पीआईबी की ओर से विभिन्न स्थानीय संवाददाताओं के साथ संवाद स्थापित कर उन्हें केन्द्र की कल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दी गयी कार्यक्रम का उद्घाटन प्रर्वी चंपारण के जिलाधिकारी रमण कुमार और पीआईबी पटना के निदेशक दिनेश कुमार ने संयुक्त रूप से किया अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग संघ ने लोकसभा चूनाव में एनडीए को समर्थन देने की घोषणा की है संघ के अध्यक्ष इंद्र कुमार सिंह चंदापुरी ने कहा कि संघ बिहार में एनडीए का समर्थन करेगा रोहतास जिले की त्वरित अदालत ने आज एक शिक्षक के अपहरण मामले में तीन लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी

कल होगी वतन वापसी